एम एम बी एस छात्रों की पहली बैच को शामिल करने के लिए संस्थान में पहली अगस्त को उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित केंद्र सरकार व अन्य राज्यों के गणमान्य व्यक्ति भी समारोह में शरीक होंगे

आदेश के अनुसार बाजार क्षेत्र शरणार्थियों की बस्ती व जिले के सरकारी प्रतिष्ठानों में चार से अधिक लोगों का एक साथ एकत्र होने पर रोक लगाई गई है हरियाणा में शनिवार को छात्र पुलिस कैडेट कार्यक्रम के लॉन्च समारोह में राजधानी ईटानगर स्थित अरुणोदया सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के उन्नीस छात्रों ने भाग लिया छात्रों को सरकार के नियम और अधिनियमों और राष्ट्रवाद और देशभक्ति के संदेश को फैलाने के साथ साथ उन्हें अनुशासन सिखाने के लक्ष्य से केंद्रीय गृह मामला विभाग ने इस कार्यक्रम की पहल की है रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश पुलिस भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे पापुम पारे जिले के जोते में कल जिला प्रशासन ने जन सुनवाई सम्मेलन का आयोजन किया सरकारी सेवाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना इस शिविर का लक्ष्य था शिविर में कई लोगों ने भाग लिया कार्यक्रम में आधार पंजीकरण एल पी जी कनेक्शन एल ई डी बल्ब और पंखों का उजाला योजना के तहत रियायती मूल्यों में वितरित किया गया इस सम्मेलन के तहत तीस विभागों ने अपनी सेवाए प्रदान की जिसमें तेरह सौ से अधीक लोगों को लाभ मिला केंद्र सरकार भीड़ की हिंसा की घटनाओं से निपटने के लिए जरुरत पड़ने पर एक कानून बनायेगी लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंमह ने फिर कहा कि सरकार ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है गृहमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का एक समूह इस समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगा असम में तीस जुलाई को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अंतिम मसौदे के प्रकाशन के मद्देनजर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई है विशेष प्रलिस महानिदेशक पल्लब भट्टाचार्य ने बताया कि केंद्र ने पचास अतिरिक्त कंपनियां असम भेजी है तथा मसौदे के प्रकाशन से पहले और सुरक्षा बल असम पहुंच जाएंगे उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रलिस प्ररी तरह सतर्क है राज्य में अवैध रुप से रह रहे लोगों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अद्यतन किया जा रहा हैं लोकसभा ने आज राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक दो हजार सत्रह पास कर दिया विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों के लिए सरकार एकीकृत बी एड पाठ्यक्रम शुरु करने जा रही है उन्होंने बताया कि मंत्रालय के कार्यक्रम स्वयं के जरिए चौदह लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों ने शिक्षा का डिप्लोमा हासिल कर लिए हैं फंसे हुए ऋणों की समस्या को तेजी से हल करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम सहित कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने समझौता किया है इस समझौते के अंतर्गत बैंकों के संघ के कम से कम पचास करोड़ रुपए के फंसे ऋणों की समस्या का समाधान किया जाएगा यह समझौता सशक्त योजना का हिस्सा है सुनील मेहता समिति ने जुलाई के आरंभ में इस संबंध में रिपोर्ट सौंपी थी वित्त मंत्री पीयूष योयल ने इस समझौते को बैंकिंग उद्योग की समस्याएं हल करने की दिशा में बड़ा बताया है केंद्र सरकार ने वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग के राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है